किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि शव की पहचान जेएंडके राइफल के नितिन राणा के रूप में हुई है नितिन राणा कांगड़ा की जयसिंहपुर तहसील के रिट गांव के रहने वाले थे जवान के पार्थिव शरीर को घटनास्थल से पूह लाया गया है जहां हैलीकाप्टर से उसे कल जवान के पैतृक गांव ले जाया जाएगा जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार होगा

इस दौरान वे आन्ध्र प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के अलावा नए मतदाताओं के सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे जयराम ठाकुर तिरूपति बालाजी के मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे

डॉक्टर बिंदल आज कोलर धौलाकुआं और पड़दूनी विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे

वीरेन्द्र कंवर गत सांय ऊना में पंचायतीराज अधिकारी व कर्मचारी महासंघ के जिलास्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि वे विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की समस्याओं से भलिभांति परिचित है क्योंकि वे खुद पंचायत प्रतिनिधि रह चुके हैं

निरीक्षण के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी आयुष्मान भारत योजना चंबा जैसे अति पिछड़े जिले के लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रही है इसके अलावा प्रदेश सरकार की हिमकेयर योजना भी आम जनता के लिए लगातार फायदेमंद साबित हो रही है

इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर हिमाचल सहित इन राज्यों के लोगों को बधाई दी है

राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने बताया कि इस स्वास्थ्य संस्थान में डाक्टर व फार्मसिस्ट की नियुक्ति भी कर दी है उन्होंने पीएचसी की अधिसूचना जारी करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है